तीन की अब तक हुयी मौत खगड़िया मुठभेड़ मामले में तेरह लोग हिरासत में छापेमारी अभियान जारी

अवतार सिंह हिट अध्यक्ष और एम एस ढिल्लन महासचिव चुने गये राजधानी पटना समेत राज्य के कई हिस्सों में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है पटना स्थित पीएमसीएच में बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज पहुंच रहे हैं अभी पीएमसीएच में दो सौ साठ से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है पटना में ही अब तक डेंगू से तीन मरीजों की मौत हो गयी है उधर राज्य सरकार ने भी डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बाद सतर्कता बढ़ा दी है सरकार इसको लेकर जागरूकता अभियान भी चला रही है पीएमसीएच में डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुये प्रशासन ने मरीजों के लिये विशेष व्यवस्था की है स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अधिकारियों ने कहा है कि पटना में डेंगू से निपटने के व्यापक इंतजाम किये गये हैं खगड़िया जिले के दियारा क्षेत्रों में अपराधियों के खिलाफ कॉम्बिग ऑपरेशन जारी है खगड़िया मुठभेड़ मामले में पुलिस ने अब तक तेरह लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे प्रछताछ की जा रही है उनकी निशानदेही पर अपराधियों के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है पुलिस सूत्रों ने बताया कि एसटीएफ की दो चीता टीमों के साथ खगड़िया भागलपुर बेगूसराय और मुंगेर की पुलिस संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चला रही है मूंगेर में बड़ी संख्या में एके सैंतालीस राइफल बरामदगी मामले में पूलिस आरोपियों का नार्को टेस्ट करायेगी पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने बताया कि मुख्य आरोपी मंजर समेत चार आरोपियों के नार्को टेस्ट के लिये आज अदालत में अर्जी दाखिल की जायेगी पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूछताछ में आरोपी पूरी तरह सहयोग नहीं कर रहे हैं और इनसे ठोस जानकारी प्राप्त करने के लिये नार्को टेस्ट आवश्यक हो गया है पुलिस महानिदेशक के एस द्विवेदी ने जिलों में तैनात सीआईडी की डीसीबी टीम को मामलों के अनुसंधान में तेजी लाने का निर्देश दिया है उन्होंने सीबीसीआईडी के अपर पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर टीम को अधिक सक्रिय बनाने को कहा है पत्र में कहा गया है कि वारदात के बाद श्वान दस्ता और एफएसएल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सीआईडी की होगी डीजीपी ने डीसीबी टीम को अधिक जागरूक और जिम्मेदार बनाने पर जोर दिया है राज्य सरकार ने गांव से लेकर शहर तक के पार्को के रख रखाव की जिम्मेवारी पर्यावरण एवं वन विभाग को सौंप दी है मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुयी वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया नगर विकास एवं आवास विभाग पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बनाये गये पार्को की रख रखाव की जिम्मेवारी अब पर्यावरण और वन विभाग की होगी मुख्य सचिव ने पार्को के रख रखाव के लिये नये पदों के सुजन का निर्देश भी दिया है छोटे शहरों और कस्बों में बने पार्कों के रख रखाव के लिये जिला स्तर पर सोसायटी गठित की जायेगी पटना साहिब स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब की नई प्रबंधक समिति का गठन हो गया है अवतार सिंह हिट इसके अध्यक्ष चुने गये हैं जबकि एम एस ढिल्लन महासचिव निर्वाचित हुये हैं नई प्रबंधक कमिटी में गुरमीत सिंह वरीय उपाध्याक्ष और इंद्रजीत सिंह को कनीय उपाध्यक्ष चुना गया है राज्य में दीपावली के बाद पश्गणना शुरू की जायेगी सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है इसके लिये मास्टर डाटा बनाने का कार्य अंतिम चरण में है पशुगणना का कार्य प्ररी तरह से डिजीटल तरीके से होगा प्रशपालन निदेशक विनोद सिंह गंजियाल ने बताया कि प्रगणकों और मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण का कार्य पूरा हो गया है दीपावली के बाद पशुगणना का कार्य शुरू हो जायेगा पोस्ट ऑफिस में अब एलईडी ब्लब पंखे और ट्यूब लाइटें मिलेंगे एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड ने उजाला योजना के लिये पोस्ट ऑफिस विभाग से समझौता किया है इसके तहत एलईडी ब्लब ट्यूबलाइट और फाइव स्टार रेटेड पंखे पोस्ट ऑफिस से खरीदे जा सकेंगे इन सामानों को नकद भुगतान के साथ ई पेमेंट से भी खरीदा जा सकता है वैशाली जिले के गंगा ब्रीज थाना क्षेत्र अंतर्गत दीवानटोक गांव में प्रलिस ने छापेमारी कर एक हजार से अधिक कार्टन विदेशी शराब बरामद की है लगभग एक करोड़ की कीमत की ये शराब अलग अलग मकानों में छपाकर रखी गयी थी उधर मुजफ्फरपुर जिले के करजा थाना क्षेत्र अंतर्गत उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर एक सौ पचास कार्टन शराब जब्त की है वहीं समस्तीपुर नगर थाना के चीनी मील चौक के पास एक वाहन से उन्नीस कार्टन विदेशी शराब पकड़ी गयी है इधर बक्सर जिले के ब्रह्मपुर थाना के नैनीजोर में पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा जब्त किया है भुवनेश्वर में खेले जा रही वीनू मांकड अंडर नाईंटीन क्रिकेट चैंपियनशिप में बिहार ने अरूणाचल प्रदेश को एक सौ पांच रनों से पराजित कर दिया है इधर जबलपुर में बीसीसीआई के टी ट्वेंटी क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार की महिला अंडर नाईटीन टीम ने शानदार शुरूआत करते हुये पुडुचेरी को सत्तासी रनों से हरा दिया बक्सर के ब्रह्मपुर में खेली जा रही तैंतालीसवीं राज्य सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता के पहले दिन पटना बक्सर बेगूसराय मुंगेर और रेलवे ने अपने अपने मुकाबले जीत लिये सीवान में संपन्न हयी तीसरी यूथ और चौथी जूनियर राज्य स्तरीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता का ओवर ऑल खिताब पटना ने जीत लिया है वहीं एकलव्य सेंटर सीतामढ़ी की टीम उपविजेता रही नवरात्रि पूजा के छठवें दिन आज माँ दुर्गा के छठे स्वरूप कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न शक्तिपीठों मंदिरों और पंडालों में माँ दूर्गा और माँ काली की प्रजा मंत्रोचार के साथ की जा रही है बड़ी संख्या में भक्तगण माता की आरती कर रहे हैं उधर विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है और पूजा समितियां पंडालों को अंतिम रूप देने में जूटी हैं प्रशासन ने भी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर रखा है रेलवे स्टेशनों पर बढ़ रही भीड़ को देखते हुये जीआरपी और आरपीएफ ने चौकसी बढ़ा दी है

राजधानी पटना में दूर्गा पूजा और दशहरा को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं प्रमुख जगहों पर सीसीटीवी कैमरे से आने जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर निगाह रखी जा रही है प्रशासनिक अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है पटना पुलिस ने सोलह से उन्नीस अक्टूबर तक कई मार्गो पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है ताकि पूजा पंडालों में उमड़ने वाले भीड़ को परेशानी नहीं हो अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुये शीर्षक लगाया है अकबर ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दैनिक जागरण ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है इसी अखबार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान कुछ लोग यह न समझें कि हमेशा उनके पास रहेगा पावर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने मी टू कैंपेन से जुड़ी खबर के साथ ही वेस्टइंडीज पर भारत की बड़ी जीत को प्रमुख खबर बनाते हुये शीर्षक दिया है भारत ने वेस्टइंडीज को दस विकेट से हराया लगातार दसवीं घरेलू सीरीज भी जीती प्रभात खबर ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप की खबर को प्रमुखता दी है अखबार का शीर्षक है पटना निवासी गोपालगंज की डीपीओ की डेंगू से मौत और अब अंत में मुख्य समाचार पटना में डेंगू का प्रकोप बढ़ा

तीन की अब तक हुयी मौत खगड़िया मुठभेड़ मामले में तेरह लोग हिरासत में छापेमारी अभियान जारी

अवतार सिंह हिट अध्यक्ष और एम एस ढिल्लन महासचिव चुने गये